कल ही आ जायेंगे परिणाम और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा

उच्चतम न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बिहार और केरल के हर जिले में विशेष अदालत गठित करने का निर्देश दिया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में पटना और केरल उच्च न्यायालयों से इस महीने की चौदह तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है न्यायालय ने कहा कि विशेष अदालतें सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करते समय आजीवन कारावास के मामलों को प्राथमिकता देंगी उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था प्रवर्तन निदेशालय ने ईनामी नक्सली विनय यादव की औरंगाबाद स्थित लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है पूलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि निदेशालय की टीम ने विनय यादव की औरंगाबाद और कुटुम्बा स्थित कई भू खंडों को जब्त किया है उन्होंने बताया कि इस नक्सली पर बिहार और झारखंड सरकार ने अठारह लाख रुपये का ईनाम घोषित किया था उसपर दोनों राज्यों के अलग अलग थानों मे पचास से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं इस बीच गया जिले के आमस थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली कुंदन को गिरफ्तार कर लिया है उसकी बिहार और झारखंड पुलिस को कई नक्सली वारदातों में तलाश थी केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को पाटने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर ध्यान दे रही है श्री प्रसाद आज पटना के पाटलिपुत्र में रोजगार मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हरेक पंचायत के एक गांव को डिजिटल गांव के रूप में विकसित करना है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रही है साथ ही उन्हें इस लायक बनाया जा रहा है कि वे दूसरों को भी रोजगार दे सकें यह मेला व्रहस्पतिवार तक चलेगा पटना उच्च न्यायालय ने दारोगा बहाली के लिए मार्च महीने में हुई प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत पर बिहार अवर पुलिस चयन पर्षद से जवाब तलब किया है न्यायालय ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पर्षद को आठ दिसम्बर तक अपना जवाब दायर करने को कहा दारोगा की नियुक्ति के लिए ग्यारह मार्च को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के विभिन्न पदों के लिए कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा कल ही मतों की गिनती भी होगी और देर रात तक परिणाम जारी कर दिये जायेंगे जिला प्रशासन ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं कुलपति प्रोफेसर रासबिहारी सिंह ने छात्रों से मतदान के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने की अपील की है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है और चुनाव परिणामों को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है इधर आज भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा नितिन नवीन और विधान पार्षद सूरज नंदन कुशवाहा ने जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीरबहोर थाना परिसर में अपने समर्थकों के साथ धरना दिया ये सभी आचारसंहिता उल्लंघन के मामले में प्रशांत किशोर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे कल रात प्रशांत किशोर ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रासबिहारी सिंह और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी इस मुलाकात से आक्रोशित छात्रों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया था इधर श्री किशोर ने कहा है कि वे विश्वविद्यालय भूकंप केन्द्र की स्थापना के बारे में बातचीत करने के लिए कुलपति के पास गये थे उन्होंने कहा कि बेवजह छोटी बात को तुल दिया जा रहा है इस बीच पुलिस ने पथराव के आरोप में हिरासत में लिये गये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के नेताओं को आज रिहा कर दिया राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस अब भोजपुर जिले के बिहियां स्टेशन पर भी रूकेगी केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने बताया कि ट्रेन का ठहराव आठ दिसम्बर से शुरू हो जायेगा पटना के बाईपास इलाके में अपराधियों के साथ कल मुठभेड़ में शहीद हुए बिहार पुलिस के जवान मुकेश सिंह का आज उनके पैतृक गांव भोजपुर जिले के धोबहां चौकी स्थित बेहरा में अंतिम संस्कार किया गया इससे पूर्व पटना पुलिस लाईन में शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गयी इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक मन् महाराज समेत कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर शिक्षा की बदहाली का आरोप लगाया है आज पश्चिम चम्पारण जिले के वाल्मिकीनगर में पार्टी के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश के अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उन्होंने शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया पटना स्थित इंदिरा गांधी आयूर्विज्ञान संस्थान में एएनएम छात्राएं नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अनश्चितकालीन हड़ताल पर चली गयी हैं प्राचार्य की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज ये छात्राएं अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गयीं मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस के साथ इन छात्राओं की झड़प हो गयी जिसके बाद कई छात्राओं को हिरासत में लिया गया स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए विभाग के संयुक्त सचिव कौशल किशोर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है यह कमिटी एक सप्ताह के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी प्रदेश की आशाकर्मियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है हड़ताल के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है कई जगहों पर हड़ताली कर्मियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया आशाकर्मियों के संगठन ने कहा है कि जब तक मासिक मानदेय बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी प्रदेश में ठंड का असर धीरे धीरे बढने लगा है मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को अधिक ठंड का एहसास हो रहा है विभाग ने सात दिसम्बर के बाद ठंड में और वृद्धि की संभावना जतायी है आज नौ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं पटना का न्यूनतम तापमान ग्यारह पूर्णिया का ग्यारह दशमलव छह और भागलपुर का बारह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वैशाली जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के खड़ियाडीह गांव में एक युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों को शांत कराने पहुंची पूलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया इस हमले में एक एएसआई समेत तीन सिपाही घायल हो गये पुलिस ने इस मामले में दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आज छपरा में एक दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया कार्यशाला को संबोधित करते हुए सारण के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र की आत्मा है कार्यशाला को पत्र सूचना कार्यालय पटना के अपर महानिदेशक एसकेमालवीय निदेशक दिनेश कुमार समेत स्थानीय मीडियाकर्मियों ने भी संबोधित किया कटिहार जिले के फलका प्रखंड के भंगहा पंचायत में शिक्षक नियोजन में अनियमितता बरतने के आरोप में तत्कालीन मुखिया पंचायत सचिव और एक शिक्षिका पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है मोतिहारी की एक अदालत ने हत्या के सात साल पूराने एक मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास और तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है इस मामले में आठ लोगों को पहले ही सजा हो चुकी है नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह के तीन सदस्यों को तीन मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराही बेलवा घाट के पास पुलिस ने एक पशु तस्कर को अठारह मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया है

कल ही आ जायेंगे परिणाम और प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा